श्री शाह ने कहा कि इस महामारी से लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकज्ट है गृहमंत्री ने इस अवसर पर कल की बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से यह स्निश्चित करने की अपील की कि इन फैसलों को व्यवहारिक रूप से धरातल पर प्री तरह लागू किया जाना चाहिए

उन्होंने सभी दलों से यह भी आग्रह किया कि लोगों के हित में दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम करें श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक एकता जनता का भरोसा बढ़ायेगी और राजधानी में महामारी की स्थिति में सुधार होगा

संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर दो दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है

इस किट से प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी

इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने तैयार किया है

किसी व्यक्ति में संक्रमण की प्ष्टि होने पर आर टी पी आर टेस्ट से प्न प्ष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती

जांच की रीडिंग पढ़ने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवयश्कता नहीं होती और उसे आंख से ही देखा जा सकता है संक्रमण के लिए जांच और उसकी प्ष्टि में अधिकतम तीस मिनट लगते हैं इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है

राज्य भर में अब तक पंद्रह हजार से अधिक लोगों का कोविड जांच के लिए सैंपल लिया जा चुका हैं

कोरोना संक्रमण से अब तक असम में आठ लोगों की मौत हुई है इधर आज अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले से लगे पड़ोसी राज्य असम के धेमाजी जिले के जोनाई में एक ही परिवार के छह लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसमें से दो बच्चे शामिल है ये सभी लोग गत नौ जून को केरल से वापस आये थे और होम क्वारेंटिन में थे इन्हें धेमाजी जिला अस्पताल में भैज दिया गया है और पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है

इस मछली का नामकरण स्थानीय नदी के नाम पर किया गया है इसे ईस्ट सियांग जिले के मेवो अंचल के गाकांग क्षेत्र के सिक् और सिरुम नदी से एकत्र किया गया है

अरुणाचल वालंट्री ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाईजेशन दवारा राज्य सचिवालय के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर में राज्य सरकार के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने प्रदेश के ब्लड बैंको में रक्त की उपलब्धता स्निश्चित करने के लिए रक्तदान को बढ़ावा देने की अपील की उन्होंने कहा कि राज्य के सभी इलाकों में एक निश्चित अंतराल पर रक्तदान के बारे में जन जागरुकता पैदा करने पर जोर दिया